छत्तीसगढ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण राज्यपाल ने कहा उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे निमाने के लिए वे हरसंभव प्रयास कर रही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान घायल कैबिनेट शिक्षा नीति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस को स्वीकृति प्रदान कर दी है आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इक्कीसरीं सदी के लिए देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि यह बात बड़ों महत्वपूर्ण है कि पिछले चौतीस साल में शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा नये नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्चअल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ का भी गठन किया जाएगा प्रारंभिक साक्षरता और गणित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम किया जाएगा पाठ्यक्रमों के शैक्षिक ढांचे में भी बडे परिवर्तन किए गए हैं और कला तथा विज्ञान के बीच बडी विमाजन रेखा नहीं रखी गई है नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा तथा शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में में मेद को भी समाप्त कर दिया गया है बोर्ड की परीक्षाओं पर बहत अधिक जोर नहीं दिया गया है और रट कर सीखने के बजाए विद्यार्थियों के ज्ञान के वास्तविक परीक्षण पर जोर दिया गया है नई नीति के अनुसार पांचवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मात्माषा रहेगी और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाए उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जाएगा राज्यपाल एक साल छत्तीसगढ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूर्ण हो गया बीते साल आज ही के दिन सुश्री उइके ने छत्तीसगढ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था इस एक साल के दौरान सुश्री अनुसुईया उइके ने अपनी संवेदनशीलता से प्रदेश के लोगों को यह अहसास कराया है कि राजभवन के दरवाजे उनके लिए हमेशा खेले हुए हैं इस मौके पर सुश्री उड़के ने आकाशवाणी को दी गई विशेष मेंटवार्ता में इस एक वर्ष में छत्तीसगढवासियों से मिले प्यार और अपनत्व के लिए कृतज्ञता व्यक्त की है राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे नियाने के लिए ये हरसंभव प्रयास करने के साथ आने वाले समय में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगी

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राजभवन पहंचकर राज्यपाल को पृष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाए दी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महत स्कल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकार्म और नेता प्रतिपर्क्ष धरमलाल कौशिक ने भी फोन कर राज्यपाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पृष्टि हई है राजधानी रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम के बंगले से परिजन और स्टाफ के पांच लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इनमें श्री मरकाम के भाई और उनकी पत्नी के अलावा भतीजे की रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है जबकि एक पीएसओ और एक चपरासी भी कोरोना संक्रमित मिला है सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं श्री मरकाम के बंगले को सैनिटाईज किया गया है गौरतलब है कि प्रदेश में राजधानी रायपुर पिछले एक सप्ताह से हॉटस्पॉट बना हुआ है इस दौरान रायपुर से ही करीब एक हजार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं उधर कोंडागांव जिले में आज दो नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है जिसमें एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक और दूसरा सीआरपीएफ का जवान है इधर कबीरधाम जिले में बीती रात पांच नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे इनमें सहसपुर लोहारा से एक और कवर्धा ब्लॉक से चार मरीज शामिल हैं ये सभी मरीज होम क्वारेंटाइन थे वहीं जांजगीर चांपा जिले में मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम रिसदा में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है जिला प्रशासन ने मरीज को रेलवे अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया है इस बीच कोरिया जिले के ग्राम तेंदुआ में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है यह मरीज अभी हाल ही में इलाहाबाद से लौटा था और उसे होम आइसोलेट किया गया था वहीं राजनांदगांव जिले में बीती रात इक्कीस नये कोरोना मरीजों की पहचान की गई जिनमें चौदह आईटीबीपी के जवान हैं अभी तक जिले में दो सौ सत्तर से अधिक जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वहीं अंबागढ़ चौकी थाने में पदस्थ एक जवान के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद टीआई सहित चौंतीस जवान होम क्वॉरेंटाइन में चले गए हैं फिलहाल थाने को सील कर दिया गया है इसका संचालन चिल्हाटी थाने से किया जाएगा

इससे पहले तीन शहरों महासमुद बागबाहरा और बसना में इकतीस जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था अब जिले के तीन और नगरीय निकाये सरायपाली पिथौरा और तुमगांव सीमा क्षेत्र में तीस जुलाई की मध्यरात्रि से छह अगस्त की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा इस तरह अब जिले के सभी छह नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन छह अगस्त तक लागू रहेगा इधर मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन की अवधि छह अगस्त तक बढ़ा दी गई है इस बीच रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर कल सुबह छह बजे से दस बजे तक समी किराना मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी उधर दूर्ग जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं इसके तहत प्रशासन ने सात सुत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया है जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है जिले में टेस्टिंग की क्षमता बढा दी गई है पहले हर दिन सौ टेस्ट होते थे लेकिन अब प्रतिदिन ग्यारह सौ टेस्ट हो रहे हैं इसके लिए तीस लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई है टेस्टिंग के लिए ट्र नॉट मशीन लगाई गई है साथ ही घर घर सर्वे का अभियान भी चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं नगरीय निकाय और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के दो सौ दल बनाए गए हैं अब तक ढाई लाख घरो का सर्वे किया जा चुका है जिले में फिलहाल पंद्रह सौ पचास बिस्तरों की सुविधा है

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं उनका येतन आहरण और भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाए वहीं लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद आज शहर में खुली रही चौदह दुकानों को सील कर दिया गया है साथ ही पुलिस ने बिना मास्क लगाकर घर से निकलने वाले तीन सौ से अधिक लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की इधर बालोद में जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर कल और परसों जिले की सभी दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तेक खुली रहेंगी इस दौरान द्वकानदारों और ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मास्के और सेनिटाईजर अनिवार्य करने के साथ ही दुकानों में पांच से अधिक ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देने के निर्देश भी दिए गए हैं खबर मिली है कि दंतेवाड़ा में कल और परसों यानी तीस और इकतीस जुलाई को दुकानें खोली जाएंगी कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी किया है कि दंतेवाड़ा में एक से छह अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा

समाचार पत्रों में प्रसारित ईद के दिन कुर्बानी के लिए छूट की खबर को रायपुर जिला प्रशासन ने भ्रामक बताया है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है किसी भी तरह का पास जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जाएगा शासन के आदेश के तहत निर्धारित समयावधि में ही सीमित गतिविधियां मान्य होगी निर्धारित समयावधि में भी जो लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे उन्हें अपने साथ निर्धारित पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपने पत्र में लॉकडाउन के चलते नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार सादगी से मनाए जाने की अपील की गई है वक्फ बोर्ड के पत्र में किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम होने के उल्लेख नहीं है ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी वहीं फजर के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना होगा वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपील प्रदेश की सभी मस्जिदों ईदगाह और मदरसों के लिए है

मुख्यमंत्री ने आज सपरिवार चंदखरी पहचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खशहाली तथा समुद्धि की कामना की उन्होंने मंदिर के सौदर्यीकरण और परिसर के विकास के लिए तैयार परियोजना की विस्तृत जानकारी ली इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के दौरान मंदिर के मुल स्वरूप को यथावत रखते हए यहां आने वाले श्रद्वालुओं की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि ंछत्तीसगढ़ भगवान राम का नेनिहाल है भगवान राम ने वनवास के दौरान बहत सा समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भगवान राम के वनगमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है ताकि इन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सके श्री बघेल ने कहा कि चंदखुरी में पंद्रह करोड़ रूपये की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा एनटीपीसी उपलब्धि देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने कल नौ सौ सतहत्तर मिलियन यूनिट से अधिक का उच्चतम उत्पादन कर एक नई उपलब्धि हासिल की है एनटीपीसी के कल उत्पादन में उसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों से उत्पन्न विद्युत उत्पादन भी शामिल है एनटीपीसी के पांच पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के लारा कोरबा और सीपत ओडिशा के लालचेर कनिहा तथा हिमाचल प्रदेश के कोलडेम हाइड्रो ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए शत प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ हासिल किया है एनटीपीसी का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले साल बारह मार्च को नौ सौ पैंतीस मिलियन यूनिट से अधिक था गौरतलब है कि बासठ हजार नौ सौ दस मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह के साथ सत्तर पावर स्टेशन है जिनमें से चौबीस कोयला आधारित सात संयुक्त चक्रीय गैस तरल ईंधन एक हाइड्रो तेरह नवीकरण ऊर्जा और पच्चीस सहायक तथा संयुक्त उपक्रम पावर स्टेशन हैं मुठभेड जवान घायल बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र से जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान आउटपल्ली के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी दोनों ओर से हई गोलीबारी में डीआरजी के एक जवान लक्ष्मण बेड़जा के दाहिने पैर में गोली लग गई घायल जवान को घटनास्थल से सुरक्षित निकाल लिया गया है मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है सीआरपीएफ रक्तदान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक दल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में रक्तदान किया रायप्र बटालियन के सीआरपीएफ दल में शामिल सीआरपीएफ के जवानों ने स्वेच्छा से एम्स के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान की इच्छा जाहिर की इस पर ब्लड बैंक के डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक एहतियात बरतते हए बारी बारी से दल में शामिल जवानों का रक्तदान करवाया ब्लड बैंक के डॉक्टर रमेश चंद्राकर ने बताया कि ब्लड बैंक की ँओर से रक्तदान करने वाले सभी जवानों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और एम्स में रक्तदान पर मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी गई

मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विदर्भ से दक्षिण तटीय आंध्रप्रदेश तक तेलंगाना होते हुए एक द्रोणिका बनी हुई है इसके अलावा एक चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के कई इलाकॉ में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी है इस बीच जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण क्षेत्र के ग्राम सलखन में खेत में काम कर रहे एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई संक्षिप्त समाचार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत वेंकटनगर निगौरा स्टेशन के बीच स्थित खेर खोड़री फाटक को सुरक्षागत् कारणों से आगामी एक अगस्त से सड़क यातायात के लिए स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में करीब साढ़े तीन हजार चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है वहीं बाकी बचे चबूतरों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र के तहत कार्यरत् शिक्षकों का जुलाई महीने का वेतन जारी कर दिया गया है नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का पत्र सभी संबंधित बैंकों को प्रेषित कर दिया गया है